सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं चार मई से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

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इसी सप्ताह में दूसरा चरण शुरू हो जाएगा

उन्होंने कहा कि द्रसरे चरण में सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित सभी सैन्य बलों के कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा इनके अलावा राजस्व विभाग स्थानीय निकाय पंचायतीराज विभाग और पुलिस कार्मिकों का भी टीकाकरण होगा उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पहले चरण में टीका नहीं लग सका है वे भी इस चरण में वैक्सीन लगवा सकेंगे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

पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि यह दावा फर्जी है तथा सरकार ने इस तरह की योजना की कोई घोषणा नहीं की है

इन निकायों में अजमेर नगर निगम भी शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सीट महिला के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार जिले को महिला मेयर मिलेगी

आज अध्यक्ष पद के लिए भरे गए नामांकनों की जांच होगी कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे कल ही चुनाव न्हिों का आवंटन होगा सात फरवरी को मतदान के बाद मतगणना होगी उपाध्यक्ष पद के लिए आठ फरवरी को निर्वाचन होगा

शेष स्थानों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की दसवीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है

मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में आज से नये पश्चिमी विक्षोभ के सकिय होने से दो दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है